देश में बन रहीं कोरोना वैक्सीन की प्रगति जानने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन शहरों के दौरे पर निकले हैं सबसे पहले प्रधानमंत्री अहमदाबाद गए

यहां करीब एक घंटा रुके और वैज्ञानिकों से वैक्सीन के बार्रे में जानकारी ली पीपीई किट पहनकर श्री मोदी ने रिसर्च सेंटर में वैक्सीन की डेवलपमेंट प्रोसेस देखी उन्हानें कंपनी के प्रमोटर्स और एक्जीक्यूटिव से भी बात की प्रधानमंत्री अहमदाबाद से मोदी हैदराबाद जाएंगे

राज्य का रिकवरी रेट अब बढ़कर संतानबे दशमलव एक दो प्रतिशत हो गयी है

राज्य में शनिवार और रविवार को कोरोना संकमण की जांच के लिए विशेष अभियान चलाया जायेगा इस दौरान राज्य के समी जिलों में रैपिड एंटीजेन के जरिए एक लाख चालीस हजार लोगोंकी जांच की जायेगी इसकी सारी तैयारी पूरी कर ली गई है इसके अलावा सभी जिलों में आरटीपीसीआर और ट्रनेट की भी नियमित जांच जारी रहेगी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अमियान निदेशक रविशंकर शुक्ला ने सभी जिलों के उपायुक्तों को इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किया है उपायुक्तों को निर्देश दिया गया है कि जो लोग दुसरे प्रदेशों से लौटे हैं या जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री है उनका अनिवार्य रूप से जांच की जाए दो दिनों का विर्शेष जांच अभियान रांची रामगढ़ लोहरदगा खूंटी बोकारो हजारीबाग और जमशेदपुर में चलेगा जबकि शेष जिलों में जांच अभियान केवल एक ही दिन चलेगा

जिला प्रशासन की टीम ऐसे लोगों को टेस्टिंग सेंटर ले जाकर जांच करवा रही है

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि कोरोना संकमण के कारण किसी भी राज्य में स्कूल नहीं खोले जा रहे हैं इसलिए झारखंड में भी स्कूल खोलने पर फिलहाल सरकार ने फैसला नहीं किया है मुख्यमंत्री कल रामगढ़ के लुकइयाटांड में अपने दादा सोबरन सोरेन के शहादत दिवस कार्यक्रम में भाग लेते हुए ये बातें कहीं मुख्यमंत्री ने लोगों से कोरोना बचाव के लिए अपील की कि कोरोना संकमण के फैलाव की संभावना है इसलिए लोग सतर्कता बरते राज्य सरकार की ओर से दिये गए गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन करें और सामाजिक दूरी का पालन करें इसके साथ ही मास्क अनिवार्य रूप से पहने समय समय पर लोग अपने हाथों को साबुन से धोये केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कल समग्र विकास के लिए नई शिक्षा नीति मुद्दे चुनौतियां और भविष्य विषय पर आभासी माध्यम से आयोजित एक वेबीनार को संबोधित किया श्री पोखरियाल ने कहा कि नयी शिक्षा नीति विश्वा में उन प्रमुख नीतियों में से है जिनपर व्यापक विचार विमर्श किया गया उन्होंने कहा कि नयी शिक्षा नीति छात्रों को सम्पूर्ण शिक्षा प्रदान कर उनके चरित्र को संवारने पर केन्द्रित है उन्होंने कहा कि यह नीति निश्चित रूप से देश में विश्वं स्तरीय शोध सुविधाएं और अवसर प्रदान करने के साथ भारत में अध्ययन और भारत में ही निवास करने की स्वामी विवेकानंद की परिकल्पना को साकार करने में मदद करेगी उन्होंने कहा कि नयी शिक्षा नीति की एक अन्य विशिष्टता विश्वे में वसुधैव कृट्बकम की भावना को बढ़ावा देना है श्री पोखरियाल ने अपनी मातुभाषा में ही शिक्षा दिए जाने पर जोर दिया उन्होंने महात्मा गांधी के शब्दों का स्मरण किया कि प्रत्येक गांव एक गणराज्य है जिसे शिक्षा के प्रकाश से सशक्ता बनाया जाना चाहिए केंद्रीय गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव सह आकांक्षी जिला हजारीबाग के प्रभारी पदाधिकारी एससीएल दास अँपनी टीम के साथ कल हजारीबाग पहुंचे परिसदन में श्री दास हजारीबाग के विकास कार्यों का जायजा लिया नीति आयोग के विकास के विभिन्न पारा मीटर के तहत प्रत्येक विभागों में हो रही गतिविधियों की अलग अलग जानकारी ली परिसदन में शिक्षा स्वास्थ्य समाज कल्याण कृषि बागवानी वन विभाग ग्रामीण विकास सहित अन्य योजनाओं को लेकर विभागवार समीक्षा की संयुक्त सचिव ने समीक्षा के दौरान जिले में चल रही योजनाओं और कार्यक्रमों को लेकर आवश्यक निर्देश भी अधिकारियों को दी समीक्षा बैठक में उपायुक्त आदित्य कुमार आनंद पुलिस अधीक्षक कार्तिक एस उप विकास आयुक्त अभय सिन्हा डीएफओ हजारीबाग सहित विभिन्न विभागों के वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे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

बरियात थाने में प्राथमिकी के लिए आवेदन मिलने के बाद संबंधित आडियो की फोरेंसिक जांच की तैयारी की जा रही है लालू प्रसाद के खिलाफ आवेदन रांची के पुंदाग के रहने वाले भाजपा नेता अनुरंजन अशोक ने दिया है इसमें आरोप लगाया है कि भाजपा के पीरपैंती विधायक ललन पासवान से लालू प्रसाद ने जेल से फोन पर बातचीत की है इसमें बिहार विधानसभा में अध्यक्ष पद के होने वाले चुनाव में भाजपा के विरुद्ध जाकर विपक्ष को सहयोग करने के लिए अनुपस्थित रहने के लिए प्रलोभन देने का आरोप लगाया है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन संथाली समाज का प्रमुख त्योहार सोहराय पर्व और अपने दादा जी के शहादत दिवस पर अपने पैतुक गांव नेमरा में आयोजित दो दिवसीय कार्यक्रम में शामिल हुए

इस मौके पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई वरिष्ठ नेताओं के साथ भारी संख्या में स्थानीय ग्रामीण भी मौजूद थे झारखंड मुक्ति मोर्चा के अग्रणी नेता राज्यसभा सांसद शिव्र सोरेन के पिता स्वर्गीय सोबरन सोरेन के पूर्वज पश्चिम बंगाल के अयोध्या पहाड़ क्षेत्र से गोला प्रखंड के नेमरा गांव आए थे इस कार्यक्रम के तहत क्षेत्र की एक दर्जन पंचायतों में रहने वाले गरीब एवं विधवा महिलाओं के बीच अगले एक पखवाड़े तक कम्बल का वितरण किया जाएगा

वेतनमान और सेवा निवृत्ति की अवधि एक समान की जायेगी राज्य सरकार ने झारखंड उच्च न्यायालय में एक अवमानना यचिका की सुनवाई के दौरान यह संकल्प न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया राज्य सरकार ने कहा है कि समान सुविधाएं देगी जल्द ही इसका प्रस्ताव मंत्रिमंडल की बैठक में भेजकर स्वीकृति प्राप्त की जायेगी सरकार के इस निर्णय से लगभग दो हजार आयुष चिकित्सकों को लाभ होगा आयुष चिकित्सकों की ओर से डॉक्टर अमरेन्द्र पाठक ने यचिका दायर कर एलोपैथिक चिकित्सकों के समान सुविधाएं देने का आग्रह किया था रामगढ़ नगर परिषद क्षेत्र में रह रहे बेघर लोगों के लिये बेघर को खोजो आश्रय गृह भेजो मुहिम की शुरुआत कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद रामगढ़ सुरेश यादव के नेतृत्व में की गई इस दौरान कार्यपालक पदाधिकारी के साथ नगर अभियान प्रबंधक नगर ँ प्रबंधक एवं कनिये अभियंता भी उपस्थिति रहे इस मुहिम की शुरुआत बढ़ते हुए ठंड को देखते हुए की गई है

इसे आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जायेगा

इसे आकाशवाणी डीडी न्यूज प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यूटूब चौनलों पर भी लाइव स्ट्रीम किया जायेगा हिन्दी में कार्यक्रम के प्रसारण के तत्कारल बाद आकाशवाणी से इसे क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित किया जाएगा क्षेत्रीय भाषाओं में इसका अनुवाद शाम आठ बजे फिर से प्रसारित कयिा जायेगा पूर्वी सिंहभूम जिले के उपायुक्त सूरज कुमार के निर्देश पर लोकमंच कार्यक्रम का आयोजन किया गया कार्यक्रम में जिला कौशल समन्वयक सौरम कमार अधिकारी से जिलेवासियों ने सक्षम झारखंड कौशल विकास योजना दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास योजना एवं प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना से संबंधित जानकारी प्राप्त की लोगों ने अपनी अपनी समस्याओं का समाधान पाया

भारत और आस्ट्रेलिय के बीच एक दिवसीय मैचों की श्रंखला का द्रसरा मैच कल सिडनी में खेला जायेगा भारत और आस्ट्रेलिया के बीच तीन अंतर्राष्ट्रीय एकदिवसीय तीन ट्वेंटी ट्वेंटी और चार टेस्ट मैच खेले जाने हैं